राज्यपाल राष्ट्रीय मतदाता दिवस राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि जागरूक मतदाता धर्म जाति सम्प्रदाय भाषा और अन्य किसी प्रलोभन से मुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं देश की उन्नति और विकास के लिए सभी स्तरों पर ईमानदार कर्मठ कृशल और स्वच्छ छवि के जन प्रतिनिधि चुने जाने आवश्यक है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि यह खुशी की बात है कि प्रदेश में शत प्रतिशत मतदाताओं को पहचान पत्र दिया जा चुका है राज्य में पुरूष वोटरों के सापेक्ष महिला वोटरों के अपेक्षाकृत कम प्रतिशत पर चिन्ता व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि महिला मतदाताओं को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये राज्यपाल ने कहा कि निर्वाचन साक्षरता बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक युवाओं और छात्र छात्राओं को इस कार्यक्रम से जोड़ना होगा उन्होंने दिव्यांगों को निर्वाचन साक्षरता से जोड़ने के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों की सराहना की

वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त चन्द्रशेखर भट्ट ने कहा कि देश का प्रत्येक मतदाता मजबूत लोकतंत्र के लिएमहत्वपूर्ण है राष्ट्रीय मतदाता दिवस राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वहीं पुलिस मुख्यालय प्रांगण में पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को स्वतन्त्र निष्पक्ष और शान्तिपूर्ण निर्वाचन करने और निर्भीक होकर मतदान करने की शपथ दिलाई प्रदेश के सभी जिलों में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया चमोली जिले में सभी तहसील ब्लाक और मतदेय स्थलों पर भव्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए मतदाताओं को जगरूक करने के लिए गोपेश्वर में हॉट एयर बैलून उड़ाया गया स्कूली बच्चों ने पूरे नगर क्षेत्र में प्रभात फेरी निकालकर लोगों को जागरूक किया उत्तरकाशी में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के बच्चों द्वारा मतदान के महत्व के बारे में लोकगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए

इस अवसर पर अयोजित विभिन्न मतदाता जागरुकता प्रतियोगिताओं में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया अल्मोड़ा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया और जागरूकता रैली निकाली गयी बागेश्वर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने नये युवा मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराए कार्यक्रमों में उपस्थित लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करने की शपथ दिलाई गई वहीं चम्पावत जिला मुख्यालय सहित सभी विकासखंडों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये उधर उधमसिंह नगर जिले में भी कई कार्यक्रम हुए मुख्य कार्यक्रम में जिलाधिकारी नीरज खैरवाल द्वारा मतदाताओं को शपथ दिलाई गई

मुख्यमंत्री ने कहा कि एसडीआरएफ द्वारा आपदा प्रबंधन और यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से उत्कृष्ट एप बनाया गया है उन्होंने कहा कि इस एप से उत्तराखण्ड में पर्यटन क्षेत्रों की जानकारी और आपदा प्रबंधन से संबंधित जानकारियों का अपडेट मिलेगा एसडीआरएफ की कमांडेंट तृप्ति भट्ट ने कहा कि इस एप में यात्रियों को सूचनाएं और सुविधाएं एक साथ उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है इससे यात्रियों को अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में होम स्टे प्रमुख स्थलों आपातकालीन नम्बर अतिथि गृह प्रमुख पर्यटक और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी दी गई है उन्होंने कहा कि इस एप में कई और फीचर जोड़े जायेंगे

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया सम्मेलन में केन्द्रीय नवीन और नवीकरणीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन जलशक्ति मंत्रालय के मंत्री नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ ही विदेशों के प्रतिनिधि भी प्रतिभाग करेंगे

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के छूटे हुए छह गांवों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा

इस अवसर पर बासा होम स्टे जनता को समर्पित किया गया प्रदेश का यह पहला सरकारी होम स्टे है इसका संचालन ग्वाड़ गांव के उन्नति महिला समूह द्वारा किया जा रहा है इसके अलावा आज ही श्रीनगर विधानसभा के सभी विद्यालयों को टाट दरी से मुक्त किया गया स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध करा दिया गया जिसकी अंतिम खेप आज दी गई

जनगणना निदेशक ने बताया कि जनगणना के दौरान जनगणना कार्य के प्रबंधन और निगरानी के लिए सीएमएस पोर्टल विकसित किया गया है जिसके माध्यम से विभिन्न स्थलों पर जनगणना कार्यक्रमों के प्रशिक्षण और मानदेय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी उन्होंने बताया कि जनगणना कार्य में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आंकड़ों का संकलन अनुसूची के साथ साथ मोबाईल एप द्वारा भी किया जाएगा बैठक में मुख्य सचिव ने शिक्षा निदेशक को इस कार्य के लिए आवश्यक कार्मिकों की तैनाती समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए अप्रैल में जनगणना में तैनात कार्मिकों की ट्रेनिंग का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है बैठक में देश के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त विवेक जोशी ने वीडियो क्रॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया

इसे हिन्दी में शाम सात बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय और दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारित किया जाएगा इसके तुरंत बाद अंग्रेजी में सम्बोधन सुना जा सकता है राष्ट्रपति के सम्बोधन के हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारण के बाद द्रदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर इसका प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद प्रसारित किया जाएगा वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे इस बार मन की बात का प्रसारण समय शाम छह बजे होगा

गणतंत्र दिवस प्रदेश में कल गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा मुख्य समारोह राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा जहां राज्यपाल बेबी रानी मौर्य परेड की सलामी लेंगी इस अवसर पर मार्च पास्ट के साथ ही झांकियों का प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार के साथ ही पुलिस मेडल प्रदान करेंगे इसके अलावा राज्य के जिला मुख्यालयों में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया जाएगा इस बीच राजधानी देहरादून में सरकारी इमारतों को भव्यता से सजाया गया है गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर प्रदेशभर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गए हैं ऑलवेदर रोड निरीक्षण चंपावत जिले में ऑल वेदर रोड के चौड़ीकरण के दौरान पर्यावरणीय नुकसान का उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने निरीक्षण किया जिले के दो दिवसीय दौरे पर आए एच पी सी की समिति ने टनकपुर से पिथौरागढ़ रोड पर पहाड़ कटिंग का जायजा लिया इसके साथ ही डंपिंग जोन और बाईपास का स्थलीय निरीक्षण किया मौसम प्रदेश में आज मौसम में बदलाव से ठंड बढ़ गई है राजधानी देहरादून में आज सुबह अचानक घना कोहरा छा जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा कोहरे के कारण विमान और रेल सेवाएं प्रभावित हुई मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से साथ ही कहीं कहीं बारिश की संभावना व्यक्त की है पशु मेला रुद्रप्रयाग जिले के ग्राम मेखण्डा में पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया

मेले के जरिए पशुपालकों को अच्छे नस्ल के पशु पालने और उनकी देखभाल अच्छी प्रकार से करने की सलाह दी गई पशु प्रदर्शनी में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई साथ ही पशुओं में पाई जाने वाली बीमारी के संबंध में भी बताया गया